केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को धन जारी करने के लिए आधार से जुड़े डाटा की अनिवार्यता में छूट की समय सीमा तीस नवंबर तक बढ़ाने को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक कल तमिलनाडु में होगी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने नई कृषि तकनीक से ग्रामीण भारत का नव निर्माण कर के भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये छात्रों से तैयार रहने का किया आहवान केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनमोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत एक खुशी की खबर है कि इस बार मंहगाई भत्ते से जुड़ा जो डियरनेस अलाउंस है पांच फीसदी हई है

मंत्रिमंडल ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है जो पहले देश के अन्य स्थानों पर बस गए थे लेकिन बाद में कश्मीर वापस आ गए अन्य जगहों पर बसने के कारण उन्हें पहर्ले घोषित राहत पैकेज का लाम नहीं मिल सका था श्री जावड़ेकर ने बताया आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी पांव हजार तीन सौ डिसप्लेस परिवारों को भी ये साढ़े पांव लाख रुपये प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ ये उनके साथ न्याय हुआ है श्री जावडेकर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत लामार्थियों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए जारी करने के लिए आधार से जुड़े डाटा की अनिवार्यता में छूट की समय सीमा अगले महीने तक बढाने को भी मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि सभी जगह आधार सीडिंग कम्पतीट होने को समय लग रहा था

लेकिन तब तक राशि रुकेगी नहीं

उसमें लगभग आधे सात करोड़ के लगभग किसानों को पैसे जा चुके हैं मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी हासिल करने और कड़ी प्रतियोगिताओं से निपटने में नए दृष्टिकोण तथा नीति बनाने में मदद मिलेगी समझौते के बाद परस्पर आदान प्रदान और सह उत्पादन के जरिये प्रसारण के लिए सामग्री हासिल की जा सकेगी इससे द्रदर्शन के दर्शको और आकाशवाणी के श्रोताओं को विभिन्न कार्यक्रमों को देखने सुनने का अवसर मिलेगा मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रगति और इसकी कार्यक्रम समिति तथा मिशन संचालन समूह के निर्णयों से अवगत कराया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किये जाने के बाद से मातृ और शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आयी है चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग चेन्नई में दूसरी भारत चीन अनौपचारिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यह दूसरी बैठक कल शुक्रवार को तमिलनाड् में होगी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के साथ साथ भारत चीन विकास साझेदारी को और सुदुढ़ बनाने पर भी विचार विमर्श करेंगे इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर संपर्क कायम कर सामरिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना है सरकारी सूत्रों ने बताया है कि संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को लेकर भारत की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा फैसला है और भारत की ओर से इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी सुत्रों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चीन यात्रा का शी चिनफिंग की भारत यात्रा से कोई संबंध नहीं है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रफ़ाल विमान हमारी सामरिक क्षमता में वृद्वि करेगा श्री सिंह फ्रांस के मेरिन्याक में छत्तीस रफ़ाल लड़ाकू विमानों की खेप का पहला विमान हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह भारत फ्रांस सामरिक सहयोग में एक नया पड़ाव है और निश्चित रूप से दोनों देशों के ट्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहंच गये हैं रफाल एयरक्राफ्ट की डिलिवरी निधारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायू सेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा हमारा फोकस वायू सेना को समूद्द करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है

रक्षामंत्री ने नये रफाल विमान की शस्त्र पूजा करने के बाद उसमें उड़ान भी भरी श्री सिंह ने कहा क्रेडिट देना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को कि उनके एक डिसाइसिवनेस के कारण ही यह फैसला हो पाया और हमारे एयरफोर्स की यह कम्बेट केपेविलिटी में यह इजाफा हुआ है

भारत ने उन्सठ हजार करोड़ रुपए की लागत से छत्तीस रफ़ाल लड़ाकू विमानों के लिए सितंबर दो हजार सोलह में फ्रांस के साथ समझौता किया था ये सभी विमान सितंबर दो हजार बाईस तक मिल जाने की आशा है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छात्रों से आहवान किया है कि वे नई कृषि तकनीक से ग्रामीण भारत का नव निर्माण कर के भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहें श्रीमती पटेल कल कानपुर के चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इक्कीसवें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि जलवाय परिवर्तन खादय सुरक्षा और टिकाऊ खेती के लिये शोघ की ज़रूरत है श्रीमती पटेल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखते हुए तकनीक का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिये करना समय की मांग है कृषि शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती संख्या पर खुशी व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है इस अवसर पर सात सौ छह छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों में उपाधियां वितरित की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को कल राज्यसभा के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया गया श्री त्रिवेदी ने चार अक्तूबर को इस सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था नाम वापसी का कल अंतिम दिन था श्री त्रिवेदी का कार्यकाल दो अप्रैल दो हजार चौबीस तक है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं इसी कम में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडेय ने कल चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के दुलहीपुर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखायी केंद्रीय मंत्री ने गांवों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी दी

प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यहां मित्र मंडल समिति ने रामलीला मैदान और मेला स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया इस दौरान मेला आयोजन समिति के सदस्यों ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर मेला स्थल में फैला कचरा उठाया साथ ही मेला स्थल में प्रतिदिन साफ सफाई करने वाले स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित भी किया गया

बसपा प्रमुख मायावती ने कल सुबह दिल्ली स्थित बहुजन प्रेरणा केन्द्र में बनी स्वर्गीय कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उधर लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बसपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कांशीराम को भावनीनी श्रद्वाजलि अर्पित कर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र पर आधारित समाज बनाने के संकल्प को दोहराया